मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि साल का ये अंतिम दिन देश के कोरोना योद्वाओं का याद करने का है श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश में आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने पर मिशन मोड पर काम कर रही है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

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और अन्य संबंधित लोगों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर इस टीकाकरण अभ्यास को किया जाएगा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 महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा सभी बडे शहरों में भी टीकाकरण अभ्यास किया जाएगा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

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है

चयनित संदेशों को आगामी बूलेटिनों में शामिल किया जाएगा

केन्द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज इस बारे में घोषणा की

इस मौके पर उन्होंने कहा कि एग्री इंडिया हैकथॉन कृषि क्षेत्र में संवाद बनाने और नवाचारों में तेजी लाने के लिए सबसे बड़ा ऑनलाइन कार्यक्रम है उन्होंने कहा कि इनोवेशन और स्टार्टअप्स गांव गांव पहुंचने से छोटे किसानों का कल्याण होगा और खेती के क्षेत्र में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा श्री तोमर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से कृषि क्षेत्र की ताकत बढ़ेगी

आज जयप्र में ट्रांसपोर्ट ऐसोसिएशसन के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में श्री खाचरियावास ने यह आश्वासन दिया

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर सिंह ने इसके बारे में सभी जोनल प्रबन्धकों को निर्देश जारी किये हैं श्री सिंह ने बताया कि बसों का आवागमन बढ़ाने से रोडवेज को रोजाना पांच करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व मिलने की संभावना है उन्होंने कहा कि चालक परिचालक तथा अन्य कर्मचारी यात्रियों को अतिथि मानकर स्वागत करेंगे जिससे यात्रियों का रोडवेज से जुड़ाव बनेगा और रोडवेज के राजस्व में बढ़ोतरी होगी

यात्रियों को फास्टैग लगाने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भूगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा इससे समय और ईंधन की बचत होगी देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से और तीस हजार से अधिक अन्य जगहों पर फास्टैग बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध हैं

राज्य सरकार का यह आदेश नगर निगम और नगर परिषद की सीमा में लागू रहेगा इन क्षेत्रों में बाजार अब से कुछ देर बाद सात बजे बंद कर दिए जाएंगे जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश ने बताया कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है जयप्र सवाईमाधोप्र उदयप्र और जैसलमेर में होटलों में इन हाउस पर्यटकों के लिए सीमित और सरकार की गाइडलाइन से नववर्ष का स्वागत करने की तैयारियां की गई हैं

माउंट आब् में आज भी तापमान जमाव बिन्दु से नीचे दर्ज हुआ

इसके अलावा सीकर और पिलानी में भी पारा जमाव बिन्दु के नजदीक दर्ज हआ

जयपुर में आज मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा मौसम विभाग ने नए साल की शुरुआत के पहले तीन दिनों में भरतपुर जयपुर और कोटा संभागों के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है

जयपुर मेट्रो के प्रबंध निदेशक मुकेश क्मार सिंघल ने बताया कि अन्य खाली पदों पर भर्ती परीक्षा अगले चरण में आयोजित होगी

जिला कलेक्टर ने औद्योगिक इकाईयों से होने वाले प्रदूषण की जांच करने के निर्देश दिए हैं